मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित स्टोरेज तथा कोल्ड चेन की फूलप्रफ व्यवस्था करने के दिये निर्देश

प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में मुख्यमंत्री ने निराश्रितों के लिये रैन बसेरे और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के लिये कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्वता को दृनिया को दिखाने का यही सही समय है उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षो में आत्मनिर्मर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए

दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है नई टेक्नॉलॉजी के रूप में चेलेन्जेस भी आएंगे और अनेक नए सरल वसनजपवरे भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है

श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है

ये समय भारतीय इंड्स्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हने एक बार विस्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चौलेंज सिर्फ आत्मनिर्मरता ही नहीं है बल्कि हम इस तस्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा अनुसंघान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए भारत में आर एंड डी पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है

यानि आज जरूरत ये है कि आर एंड डी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े कृषि डिफेंस स्पेस एनर्जी कंस्ट्रक्शन यानि हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को आर एंड डी के लिए एक निरिवत अमाउंट तय करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक जैसी दुनिया की बेहतरीन नीतियों को हमें जल्द से जल्द अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्ट अप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं सरकार की एक एफ्रिशिएन्ट और फ्रॅंडली ईकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है अब एसोचौम जैसी एसोसिएशन को आपके हर मैबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाम रेंज डपसम तक पहुंचे

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी जब सारी दूनिया में निवेश गतिविधियां प्रमावित हुई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियों निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं रही

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हए अपने लिए नई जगह बना रहा है देश में शुरू किए गए सुधारों ने भारत में क्यों कि सोच को भारत में क्यों नहीं में बदल दिया है

श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभृत संरचना खड़ी करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचौम एटस्प्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया

चार सौ से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित स्टोरोज तथा कोल्ड चेन के संबंध में फूलप्रफ व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को ध्यान में रखते हुए बॉयोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था करने के लिये भी कहा है मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की कल लखनऊ में समीक्षा कर रहे थे उन्होंने निर्देश दिये कि कोरोना वैक्सीन सेन्टर में वैक्सीन लगने के बाद संबंधित व्यक्ति के लिये कुछ समय रूकने की भी व्यवस्था की जाये

उन्होंने सभी जनपदों में वैक्सीनेटर्स को तैयार करने का कार्य पूरी तेजी के साथ संचालित करने के निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन की मानकों के अनुरूप स्टोरेज के लिये आईसलैंड रेफ्रिजरेटर तथा डीप फ्रीजर केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं राज्य में ढाई लाख लीटर वैक्सीन की भंडार क्षमता सुजित हो गई है उधर प्रदेश में दो करोड़ तेईस लाख से अधिक कोविड नाइन्टीन नमूनों की जांच करने के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जांच करने वाला पहला प्रदेश बन गया है

जिला स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के प्रमावी प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश दिए हैं उन्होंने लोगों से को इस बात की भी अपील की है कि ये वैक्सीन आने तक कोरोना के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग कॉरेस्पान्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया है

इसके अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं

प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जायेगा पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर के चलते प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है राज्य के तराई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है ठंड के कारण यहां सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है मुरादाबाद आगरा मेरठ गोरखपुर और झांसी मंडल में भी दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से बचाव के लिये कम्बलों का वितरण और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी कहा है